प्रदेश में कोविड के नये मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

पिछले चौबीस घंटों के दौरान इक्यावन लोगों की मृत्यु

और श्रद्धा तथा भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को संकल्प साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर को पार करना होगा उन्होंने राज्यों से कहा कि वे केवल अंतिम उपाय के रूप में लॉकडाउन पर विचार करें कोविड स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लघु नियंत्रण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को राज्यों के आश्वासन से मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि कुछ शहरों में कोविड के बड़े विशेष अस्पताल बनाए जा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि एक मई से देश में एक और बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है

रमजान और राम नवमी का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कोविड से सभी को बचाने के लिए सबको सही अनुशासन का पालन करना चाहिए

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड के दस हजार से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दस हजार चार सौ पचपन नये मामले सामने आये हैं जो एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है सबसे अधिक दो हजार एक सौ छियासी नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है वहीं गया से एक हजार इक्यासी मामले सामने आये हैं मुजफ्फरपुर से पांच सौ चौवालीस सारण से पांच सौ तीस और भागलपुर से चार सौ उनचास पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं तीस जिलों से सौ से अधिक मामले सामने आये हैं राज्य में सात दिनों के अन्दर कोविड के मामलों की संख्या दोगुनी हो गयी है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में इक्यावन लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार आठ सौ इकतालीस हो गया है वहीं इसी अवधि में तीन हजार पांच सौ सतहत्तर लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर बयासी दशमलव नौ नौ प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को निजी लैब और अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की जांच करने के निर्देश दिये हैं इसके साथ इलाज की निगरानी करने और शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने को भी कहा है स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने कहा कि पिछले वर्ष निर्धारित की गयी कोरोना जांच की दर और निजी अस्पतालों में इलाज के दर के अनुसार ही मरीजों से शुल्क लेना सुनिश्चित किया जाये उन्होंने कहा कि अधिक राशि लेने की शिकायत मिलने पर आपदा कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी बिहार सरकार ने केन्द्र से प्रदेश के लिए प्रति दिन बहत्तर मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का कोटा तय करने की मांग की है स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है विभाग का कहना है कि लिक्विड ऑक्सीजन का कोटा तय होने से राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी इधर देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए रेलवे की ओर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हो रहा है दिल्ली से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की पहली खेप पटना के राजेन्द्र नगर टर्मिनल के लिए रवाना हो रही है राज्य में अब तक लगभग इकसठ लाख अड़सठ हजार पांच सौ तिरानवे लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान तिरानवे हजार एक सौ चौंसठ लोगों को टीका लगाया गया इनमें सड़सठ हजार एक सौ छियासी लोगों को पहली डोज जबकि पच्चीस हजार नौ सौ अठहत्तर लोगों को दूसरी डोज दी गयी है केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बढ़ते कोरोना संक्रमण और विभिन्न राज्यों में प्रतिबंधों के मद्देनजर फिर बीस नियंत्रण कक्षों को शुरू किया है कामगारों की वेतन संबंधी शिकायतों के समाधान और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव अपूर्व चन्द्रा ने कहा कि यह सुविधा पिछले वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे सुलझाने के लिए इसे अब फिर शुरू किया गया है प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और बैंक कर्मचारियों की लगातार मांगों को देखते हुये बैंकिंग कार्य दिवस में बदलाव किया गया है स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी ने बताया कि कल से पन्द्रह मई तक राज्य की सभी बैंक शाखाएं सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक ही ग्राहकों के लिए खुली रहेंगी वहीं एटीएम नेट बैंकिंग सहित अन्य सेवाएं पहले की तरह चौबीस घंटे जारी रहेगी कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण सीबीएसई के बाद अब आईसीएसई बोर्ड ने दसवीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम की श्रेणी तय की जायेगी वहीं बारहवीं बोर्ड परीक्षा पर एक जून को निर्णय लिया जायेगा ग्रामीण विकास संघ ने राज्यपाल को पत्र लिखकर पंचायत चुनाव को फिलहाल स्थगित करने की मांग की है संघ ने अपने पत्र मे कहा है कि वर्तमान मे पांच सौ से अधिक पदाधिकारी और कर्मी कोरोना संक्रमित है तथा एक प्रखंड विकास पदाधिकारी की कोविड से मौत हो चुकी है संघ ने कहा है कि पंचायत चुनाव में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से कोरोना के फैलाव में तेजी आ सकती है इसलिए चुनाव स्थगित होने चाहिए रामनवमी का त्योहार आज श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है कोविड संक्रमण के प्रसार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को देखते हुये इस बार लोग अपने घरों में ही पर्व मना रहे हैं मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है लेकिन लोगों के प्रवेश पर प्री तरह पाबंदी है किसी भी तरह के सामूहिक धार्मिक आयोजन और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है रामनवमी के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं इधर रामनवमी पर पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर से भक्तों के लिए ऑनलाईन दर्शन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गयी है वही चैत्र नवरात्र के नौवें दिन आज मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है चक्रवाती हवा के प्रभाव के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कम दबाव के क्षेत्र बना हुआ है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान पटना गया नालंदा बेगूसराय पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण हित कई क्षेत्रों में गरज के हल्की बारिश हो सकती है साथ ही कई क्षेत्रों में ध्रलभरी आंधी चलने की सम्भावना हैं मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के पूर्वी क्षेत्रों किशनगंज सुपौल मधेप्रा सहरसा और आस पास के इलाकों में भी हल्की बारिश के आसार हैं इधर मौसम में हो रहे बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है सारण जिले के छपरा सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रिमांड होम के भर्ती कराये गये अड़तीस बाल बंदियों में से उन्नीस बंदी फरार हो गये छपरा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद ने कहा है कि अड़तीस बाल बंदी कोरोना वायरस से ग्रसित पाये गये थे इन सभी बाल बंदियों को सदर अस्पताल के जीएनएम स्कूल स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र के देश के नाम संबोधन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है प्रधानमंत्री ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर जोर देने की सलाह दी दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है प्रधानमंत्री ने कहा लॉकडाउन लगाना अंतिम विकल्प दैनिक भास्कर का शीर्षक है बिहार में खतरे के नये शिखर की ओर कोरोना दस दिन में एक सौ बयासी डॉक्टर और तीस सौ बासठ हेल्थ वर्कर पॉजिटिव अखबार लिखता है प्रदेश में एक सप्ताह में दुगनी हुई संक्रमण दर प्रभात खबर की सुर्खी है कोरोना से जंग में सेना भी साथ अब सैन्य अस्पतालों में भी होगा संक्रमितों का इलाज

प्रदेश में कोविड के नये मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

पिछले चौबीस घंटों के दौरान इक्यावन लोगों की मृत्यु

और श्रद्धा तथा भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार